देश के नाम आज शाम दिए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच महीनों के दौरान सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर नब्बे हजार करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च करेगी श्री मोदी ने कहा कि पूरे भारत के लिए अब एक राशनकार्ड की व्यवस्था हो रही है एक राष्ट्र एक राशनकार्ड की इस योजना का सबसे बड़ा लाभ उन गरीब लोगों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों से भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सका है उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों के मुकाबले भारत संभली हुई स्थिति में है उन्होंने कहा कि बीते तीन महीनों में सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों को परेशानी से बचाने के लिए अनेक कदम उठाए

श्री मोदी ने जनता का आव्हान किया कि कोरोना संकट के इस चुनौतीपूर्ण समय में सारी एहतियात बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ाई जाएंगी उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे और सभी लोग लोकल के लिए वोकल होंगे यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे प्रधानमंत्री ने एक बार पुनः सभी लोगों से अनलॉक के इस दौर में लापरवाही न बरतने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने तथा दो गज की दूरी का पालन करने सहित सभी जरूरी उपाय करने की अपील की अनलॉक दूसरा चरण केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश कल एक जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्ध ढंग से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है इसके अनुसार संक्रमण वाले क्षेत्रों में पूर्णबंदी को इकतीस जुलाई तक कड़ाई से लागू किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेंगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी मंत्रालय ने कहा है कि भविष्य में इन्हें खोलने का निर्णय स्थिति का आकलन करने के बाद लिया जाएगा संक्रमण क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में शेष सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है अब रात का कर्फ्यू दस बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए लागू होगा जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रि कालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है दिशा निर्देश के अनुसार क्षेत्रों के हिसाब से दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थान पंद्रह जुलाई से खुल सकेंगे केन्द्र ऐप प्रतिबंध केन्द्र सरकार ने टिकटॉक समेत उनसठ मोबाइल ऐप को देश की संप्रभता एकता और रक्षा के लिये खतरा बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है इनमें से अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं सरकार ने जिन ऐप्स प्रतिबंध लगाया है उसमें टिकटॉक शेयर इट वी चैट एमआई वीडियो कॉल समेत अन्य सम्मिलित हैं पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कल जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि उसे विभिन्न च्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं जिनमें एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में कई रिपोर्ट शामिल हैं इन रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एप उपयोगकर्ताओं के डेटा को चुराकर उन्हें ग्रपचुप तरीके से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी कोरोना मरीज प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित उनसठ नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें सर्वाधिक तिरपन मरीज सिर्फ राजधानी रायपुर के हैं जबकि कांकेर से दो दुर्ग राजनांदगांव बेमेतरा और बलौदाबाजार से एक एक मरीज मिले हैं राजधानी रायपुर में मिले तिरपन नए मरीजों में उन्नीस छात्र हैं जो हाल ही में विदेश से लौटे थे उन्हें रायपुर के ही होटलों में पेड क्वारेंटाइन में रखा गया था वहीं एम्स के डॉक्टर और कुछ स्वास्थ्यकर्मियों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है इस बीच कल दुर्ग जिले में इक्कीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई इनमें सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नौ जवान शामिल हैं सभी को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है इसी तरह थाना नंदिनी अहिवारा में एक उप निरीक्षक और दो आरक्षकों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद थाने को सील कर दिया गया है वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक दलेश्वर साहू को आज रायपुर एम्स से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई श्री साहू के घर लौटने पर ग्रामवासियों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया उधर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद टू नॉट विधि से कोरोना की जांच शुरू हो गई है

रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा वर्ष दो हजार अट्ठारह के आंकड़े में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में एक हजार पुरूषों की तुलना में नौ सौ अंठावन महिलाएं हैं वहीं प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लिंगानुपात सर्वाधिक नौ सौ छिहत्तर है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार पुरूषों की तुलना में नौ सौ महिलाएं हैं क्वारेंटाइन श्रमिक देश के विभिन्न हिस्सों से छत्तीसगढ़ लौटे साढ़े चार लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक चौदह दिनों की क्वारेंटाइन अवधि पूरी कर अपने घर लौट चुके हैं इन श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से दस दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहने के निर्देश दिए गए हैं वहीं एक लाख सड़सठ हजार श्रमिक अभी भी क्वारेंटाइन सेंटरों में रह रहे हैं गांवों में स्थापित क्वारेंटाइन सेंटरों का संचालन और नियंत्रण संबंधित जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है इनके संचालन में ग्राम जनपद और जिला पंचायतें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव गांवों में क्वारेंटाइन सेंटरों के सुचारू संचालन के लिए लगातार व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं उनके निर्देश पर सेंटरों की खामियों को दूर किया गया है पंचायत मंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी और संक्रमण के लक्षण वाले लोगों के तत्काल सैंपल लेकर जांच करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं बस परमिट छत्तीसगढ़ में बस संचालक अब शादी पिकनिक मेले और तीर्थयात्रा आदि विशेष कार्य के लिए घर बैठे ही स्पेशल परमिट ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे सरकार द्वारा इस सुविधा को अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है बस संचालकों को ऐसे विशेष कार्य के लिए अस्थायी परमिट लेना पड़ता है सरकार के इस निर्णय से अब उन्हें इसके लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा स्पेशल परमिट के लिए आवेदन से लेकर टैक्स और शुल्क भुगतान की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी रेलवे उपलब्धि रेलवे प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्थानों में फंसे प्रवासी मजदूरों तीर्थयात्रियों पर्यटकों छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है इस दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आईआरसीटीसी के माध्यम से सभी गाड़ियों के श्रमिकों के लिए भोजन और पानी का प्रबंध किया जा रहा है इस कार्य के दौरान ड़यूटी में तैनात कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रख रहे हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बीते एक मई से चौबीस जून तक चार सौ चालीस श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन के करीब सात लाख पैकेट और नौ लाख छत्तीस हजार से अधिक लीटर बोतलबंद पानी निःशुल्क श्रमिक यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया गया है रेलवे ट्रिपल लॉन्ग हॉल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर रेलमंडल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है मंडल द्वारा तीन लोडेड मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ते हुए लचकुरा स्टेशन से चक्रधरपुर स्टेशन तक ट्रिपल लॉन्ग हॉल रैक सुपर एनाकोंडा चलाई गई पंद्रह हजार टन से अधिक क्लिंकर से लोडेड एक सौ चौहत्तर वैगनों को जोड़कर इस लॉन्ग हॉल रैक को चलाई गई इसके लिए केवल एक लोको पायलट एक सहायक लोको पायलट और एक गार्ड की आवश्यकता पड़ी भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है इस तरह के परिचालन से क्रू सेट की बचत के साथ साथ रेलवे ट्रैक का भी सही इस्तेमाल हो रहा है मिट्टी तेल आवंटन राज्य सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों में जुलाई महीने के लिए मिट्टी तेल का आवंटन जारी कर दिया है प्रचलित राशनकार्डो और हॉकरों के लिए चार हजार से अधिक किलोलीटर मिट्टी तेल का आवंटन किया गया है अगले महीने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी प्राथमिकता अंत्योदय और अन्नपूर्णा राशन कार्डधारकों को मिट्टी तेल की पात्रता होगी खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों के राशन कार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर ग्रामीण क्षेत्रों के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में तीन लीटर और गैर अनुसूचित क्षेत्र के राशन कार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर मिट्टी तेल की पात्रता होगी मिट्टी तेल वितरण करने वाले हॉकर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित उचित मूल्य की दुकान के सामने राशन कार्डधारियों को मिट्टी तेल वितरित करेंगे हॉकरों के लिए प्रति हॉकर पचयासी लीटर के हिसाब से अलग से आवंटन जारी किया गया है आत्मदाह दंडाधिकारी जांच धमतरी जिले के ग्राम तेलिनसत्ती निवासी एक युवक द्वारा कल राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किए गए आत्मदाह के प्रयास की दंडाधिकारी जांच होगी धमतरी कलेक्टर ने जांच के लिए अनविभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है इसके लिए एक माह की समय सीमा निर्धारित की गई है इस बीच कल शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आत्मदाह करने के प्रयास में घायल युवक की पत्नी से दूरभाष पर चर्चा कर उनके घर की स्थिति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान उन्हें आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया किसान ऋण राजनांदगांव जिले में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पिछले तीन महीनों में लगभग एक लाख किसानों को तीन सौ अस्सी करोड़ रूपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है करीब डेढ़ सौ करोड़ रूपये का ऋण अभी और वितरित किए जाएंगे गौरतलब है कि जिले में करीब पौने दो लाख किसान हैं इनमें से पिछले साल एक लाख संतावन हजार किसानों ने लगभग चार सौ करोड़ रूपये खरीफ सीजन में सहकारी बैंकों से कर्ज लिया था वन अधिकारी अपील कबीरधाम जिले के वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर ने ग्रामीणों से अपील की है कि गांव या घर के आसपास तेंद्रआ दिखे तो तत्काल निकटतम वन अधिकारी या कर्मचारी को फोन या व्हाट्सअप के माध्यम से सूचना दें उन्होंने वन्यप्राणियों से सुरक्षा और बचाव के लिए जारी एडवायजरी में कहा है कि तेंदुएं के साथ छेड़खानी न करें मौसम मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विभाग के मुताबिक एक चक्रवाती घेरा उत्तर छत्तीसगढ़ और उसके आसपास बना हुआ है जिसके कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है

आरोपी ओडिशा के रायघर जिले का रहने वाला है

इस मामले में एक अन्य व्यक्ति को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है